जिसमें अट्ठाईस वर्षीय एक महिला जिनको अन्य बीमारियां भी थी और पैसठ और पिचहत्तर वर्षीय दो पुरुष की मृत्यु हो गई

जिसमें वेस्ट कामेंग से तीन और राजधानी क्षेत्र ईटानगर और नामसाई से दो दो मामले है नए मामलों में दो सिम्टोमेटिक है और बाकी एसिम्टोमेटिक कल इकतालीस मरीज स्वस्थ ह्ए है और अब स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या पंद्रह हजार तीन सौ चौसठ हो गए है

उन्होंने शहर में पार्क के संरक्षण और रखरखाव पर बल दिया नाहरलग्न में डी सेक्टर यूथ संघ द्वारा आयोजित नशा म्क्त अभियान सह सोशल सर्विस में शरीक होते हए उन्होंने यह बात कही इस दौरान उन्होंने य्वाओं से पोलो पार्क को संरक्षित करने और पार्क के जमीन के एक इंच के साथ भी समझौता नहीं करने का शपथ लेने को कहा

यह प्रस्कार तीन वर्ष में एक बार दिया जाता है गौरतलब है कि श्री थोंगची अरुणाचल प्रदेश साहित्यिक सोसायटी ए पी एल एस के संस्थापक अध्यक्ष भी है असम दिवस के दौरान दो दिसंबर को म्ख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल डिबग्रूढ़ के निकट मोरान में श्री थोंगची को प्रस्कार से सम्मानित करेंगे म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्री थोंगची को इस प्रतिष्ठि प्रस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी

यह पर्व सिक्खों के प्रथम ग्रु ग्रुनाक देव जी जन्मोत्सव के उपलक्ष में मनाया जाता है उन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की थी इस वर्ष ग्रु नानक देव जी का पांच सौ इक्यावनवां प्रकाशोत्सव है इस दिन विश्वभर में श्रद्वाल् प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होते हैं अमृतसर क स्वर्ण मंदिर में ग्रु पर्व बह्त उल्लास से मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वे ग्रु नानक देव जी के लोकहितकारी विचारों से गहन रूप से प्रभावित हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वभर में ग्रु नानकदेव जी का प्रभाव देखा जा सकता है इधर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी राज्यवासियों को ग्रुनानक के जन्मोत्सव पर श्भकामनाएं दी है

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं श्री जावडेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है

ये टीमें प्णे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद की बॉयोलोजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रैडिस लेबोरेट्री की हैं

टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबंद्ध म्द्दों के बारे में अपने स्झाव तथा विचार दें उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिएं टीके की आपूर्ति स्निश्चित करने के लिए संभारतंत्र परिवहन और कोल्ड चेन से संबंधित म्द्दों पर भी चर्चा की गई जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं